प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर हई छियान्नबे दशमलव नौ पांच प्रतिशत

टीकाकरण का यह अभियान पूरे देश में चलाया जायेगा

शुरूआत में सभी टीकाकरण केन्द्रों पर करीब एक सौ लामार्थियों को टीका दिया जायेगा टीकाकरण का यह कार्यक्रम जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देने के आधार पर चलाया जायेगा हमारे संवाददाता आनंद चतुर्वदी ने बताया है कि प्रथम चरण में स्वास्थ्यकर्मियों सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और समेकित बाल विकास सेवा से संबंधित कर्मियों को टीके लगेंगे

टीकाकरण अमियान की केन्द्रीकृत निगरानी के लिए कई अस्पतालों में वेब कैमरा को भी लगाया गया है

पहले कक्ष में लामाधियों के आई डी कार्ड से उनकी जांच कोविन में मौजूद डेटा से की जायेगी यहीं पर तामार्थियों की प्राथमिक जांच भी सुनिश्चित की जायेगी और उनकी मौजूदा बीमारियों और दवायों के संबंध में जानकारी ली जायेगी द्रस्ता कक्ष टीकाकरण कक्ष होगा जबकि तीसरे कक्ष में टीका लगने के बाद तकरीबन आये घंटे तक अवलोकन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है अवलोकन या ऑबर्जवेशन रूम में टीकाकरण के बाद किसी भी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन जैसी स्थिति से निपटने के लिए समी सुविधाएं और चिकित्सा उपकरण भी मौजूद हैं प्रदेश में कोविड टीकारण की समी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं पहले चरण में यहां तीन सौ ग्यारह केन्द्रों पर वैक्सीन लगाने की कार्रवाई की जायेगी

किसी भी समस्या की स्थिति में कोई भी व्यक्ति राज्य और राष्ट्रीय हेत्यलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकता है उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण के लिए दोनों प्रकार की वैक्सीन का इस्तेमाल होगा और यह और यह वैक्सीन हर जिले में सुरक्षित तरीके से पहुंचाई जा चुकी हैं

आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉ पॉल ने बताया कि दोनों ही टीकों को देश के औषधि नियंत्रक और विशेषज्ञों द्वारा आपात स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए स्वीकृत किया गया है और लोगों को इस पर विश्वास करना चाहिए मेरी गुजारिश है कि हमारी नर्सेस हैं बॉक्टर्स हैं हैत्थ वर्कर्स हैं जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़े हुए हैं एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं टेक्निशियन्स हैं रिसेपानिस्ट हैं उन सबसे मेरी विनती है कि आप इन दोनों वैक्सीन को जो भी आप के लिए प्रस्तुत किया जाएगा उसको अपनाइये उसका फायदा मिलेगा और हमें फायदा समाज के लेवल पर भी है

डॉक्टर पॉल ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड टीकों के सम्बंध में गलत सूचनाओं पर बिल्कुल ध्यान न दें प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कल देश के छह सौ जिलों में शुरु हुआ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस चरण में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड से संबंधित कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा केन्द्रीय कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कौशल विकास केंद्रों के विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत की

पिछले दो चरणों के अनुभवों के आधार पर अब तीसरे चरण की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया में कौशलों का मुख्य केंद्र बनाना है केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कल नई दिल्ली में नौवें दौर की वार्ता हुई केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वार्ता के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया

कृषि मंत्री ने बताया कि कल की वार्ता सद्भावपूर्ण माहौल में हुई उन्होंने इस मुद्दे पर जल्द ही आम सहमति बनने की आशा व्यक्त की उन्होंने शीतलहर की स्थिति में भी धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रति चिंता व्यक्त की एक सवाल के जवाब में श्री तोमर ने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के समक्ष अपना पक्ष रखेगी अगर इस संबंध में उससे पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का भारत सरकार स्वागत करती हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के सम्ब्र भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपनी बात निश्चित रूप से रखेंगे उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को इन तीनों कृषि कानून को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया था न्यायालय ने किसानों की शिकायतों को सुनने और सरकार की राय जानने के लिए एक समिति गठित करने का भी आदेश दिया भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए कल अपने चार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है वे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा लक्षमण प्रसाद आचार्य और अरविन्द कुमार शर्मा श्री शर्मा विगत दिवस ही भाजपा में शामिल हुए हैं उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद से हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है नामांकन के पांचवे दिन कल समाजवादी पार्टी के अहमद हसन और राजेन्द्र चौधरी ने अपने पर्चे दाखिल किए अब तक कुल दो नामांकन दाखिल किए गए हैं नामांकन की आखिरी तारीख अट्ठारह जनवरी है उन्नीस जनवरी को पर्चो की जांच होगी इक्कीस जनवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकते है

प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना के चार सौ बयासी मामले सामने आये हैं जबकि इस दौरान नौ सौ छप्पन लोग कोरोना से ठीक हो गये

इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या नौ हजार पांच सौ पच्चासी है राज्य में अब तक कूल दो करोड़ उन्सठ लाख तिरसठ हजार से अधिक कोरोना के नमूनों की जांच की गई है प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर शीतलहर जारी है कई स्थानों पर तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया और अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्शियस से सात डिग्री के बीच दर्ज किया गया अधिकतम तापमान बारह डिग्री से बाइस डिग्री सेल्शियस रहा गलन भरी सर्दी और कोहरे ने लोगों की सामान्य दिनचर्या को बुरी तरह से प्रमावित किया है मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों के दौरान शीतलहर और कड़ाके की ठण्ड का पूर्वानुमान किया है

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इरफान खान सुशांत सिंह राजपूत ऋषिकपूर और हॉलीवुड सितारे चौडविक बोसमैन और सौमित्र चाटर्जी की फिल्में प्रदर्शित कर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की जायेगी